श्री गहलोत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है ऐसे में दीपावली पर लोग आतिशबाजी से बचें उन्होंने कहा कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए मुख्यमंत्री ने बिना फिटनेस के ध्रआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं श्री गहलोत ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की भी समीक्षा करते हुए कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा

इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग रखने की पालना जरूरी होगी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

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए चार संशोधित बिलों पर बहस हो सकती है सदन में इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा

इस दौरान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कोटा रेल मार्ग को बाधित कर दिया है राज्य सरकार की ओर से गुर्जर समुदाय के लोगों से समझाइश के प्रयास जारी है

इसके अलावा लगभग एक दर्जन ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है इधर आंदोलन के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले के मलारना स्टेशन पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है

जयपुर जिले की आठ तहसीलों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है

श्री मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है